प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरदार बल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता संवेदनशीलता और राजनीतिक कौशल के कारण ही देश एक सूत्र में बंधा है

ये विश्व की राबसे ऊंची गगनचुम्बी प्रतिमा है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 भारत न केवल खेलों में बल्कि अब उन क्षेत्रों में भी नया रिकार्ड स्थापित कर रहा ह जिनके बारे में कभी सोचा तक नहीं गया था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 श्री मोदी ने हाल ही में सम्पन्न हुए पैरा एशियाई खेलों और ग्रीष्मकालीन युवा ओलम्पिक खेलों म भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भी जिक्र किया श्री मोदी ने कहा कि पैरा टीम की द्रढ इच्छा शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का उनका जज्बा सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा खिलाड़ियों की लगन और समर्पण न्यू इंडिया की पहचान है

श्री मोदी ने लोगों से भुवनश्वर में जाकर प्रतियोगिता देखने और खिलाडियों का उत्साहवर्द्धन करने को कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है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

उन्होंने कहा कि उनका उत्साह और लगन देख कर प्रत्येक भारतीय को गर्व महसूस होगा उन्होंने कहा कि मैं नहीं हम की यह भावना लोगों को निश्चित रूप से प्रेरित करती रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समूचा विश्व और विशेष रूप से पश्चिमी देश पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर रहे हैं और संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए नए नए रास्ते तलाशने की कोशिश में लगे हैं वैसे आज हमारा भारतवर्ष भी इस समस्या से अछूता नहीं है लेकिन इसके हल के लिए हमें बस अपने भीतर झाँकना है अपने समृद्ध इतिहास परंपराओं को देखना है और खासकर अपने जनजातीय समुदायों की जीवनशैली को समझना है प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर के रहना हमारे आदिवासी समुदायों की संस्कृति में शामिल रहा है हमारे आदिवासी भाई बहन पेड़ पौघों और फूलों की पूजा देवी देवताओं की तरह करते हैं प्रधानमंत्री ने पंजाब के किसान गुरूबचन सिंह का उल्लेख भी किया जिन्होंने अपने बेटे की शादी के दौरान वधु के पिता से वचन लिया कि वे खेतों में पराली नहीं जलाएंगे

आप सब स्वस्थ जीवनशैली की भारतीय विरासत को एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं जिस तरह ब्रूंद ब्रूंद से सागर बनता है उसी तरह छोटी छोटी जागरुक और सक्रियता और सकारात्मक कार्य हमेशा सकारात्मक माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी विश्व शांति की चर्चा होगी भारत का नाम और योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित दिखेगा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

प्रधानमंत्री ने सतत खाद्य प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिष्ठित फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सिक्किम को बधाई दी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

क्षेत्रीय समाचार एकांश लखनऊ आज शाम मन की बात कार्यक्रम पर एक विशेष परिचर्चा का प्रसारण करेगा इसे शाम सात बजकर तीस मिनट से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल सात सौ सैंतालिस किला हार्ट्स पर सुना जा सकेगा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

पिछले तीन दिनों से लखनऊ के गन्ना अनुसंधान संस्थान में चल रहे कृषि कुंभ दो हजार अट्ठारह का आज समापन हो गया इस कृषि समागम का शुभारंभ विगत शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो काफेंस के माध्यम से किया था समापन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल रामनाईक ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकारें मिलकर किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में जिस तरह से काम कर रही हैं उसके सार्थक परिणाम निकलेंगे आज तकनीक के बल पर हम खाद्यान का निर्यात कर रहे हैं

इस कृषि मेले में कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों कृषि यंत्र बनाने वाली विभिन्न कंपनियों सहित अन्य कई तरह के तीन सौ पचास से अधिक स्टॉल लगे थे किसानों की आय वर्ष दो हजार बाइस तक दो गुना करने के विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों पर यहां विचार विमर्श किया गया तीन दिनों तक चले मेले म चौदह सत्रों के दौरान देश भर से एक लाख से अधिक किसानों वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया समागम में इजराइल और जापान की विशेष कृषि तकनीकि हासिल करने पर राज्य के साथ समझौता हुआ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

उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से एक लाख पैंसठ हजार लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है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 उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया ह और इसमें बजट की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना का कल रात दिल्ली में उनके निवास पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एमवैंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदनलाल खुराना के निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री खुराना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है